केन्द्र सरकर को भेजा जायेगा संकल्प

राज्य में दो हजार इक्कीस में जातीय आधार पर जनगणना कराने का प्रस्ताव आज विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया सदन की कार्यवाही के दौरान आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने इससे संबंधित प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जिसे सभी दलों के सदस्यों ने अपनी सहमति दी है अब यह प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा जायेगा गौरतलब है कि पच्चीस फरवरी को एनआरसी एनपीआर पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी से विचार विमर्श कर जातीय आधार पर जनगणना कराने का अनुरोध केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा विधान सभा में आज भी नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया राजद सदस्यों ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिये समान वेतन देने और उनकी हड़ताल समाप्त करने के लिये सरकार से हस्तक्षेप की मांग की इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की इधर कृषि मंत्री प्रेम कुमार की एक टिप्पणी को लेकर राजद सदस्यों ने हंगामा किया हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर बारह बजे तक के लिये और फिर दोपहर दो बजे तक भोजनावकाश तक के लिये स्थगित करनी पड़ी दूसरी पाली में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखी प्रदेश में माध्यमिक और नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के कारण इंटरमीडिएट की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रभावित है सरकार ने अभी तक शिक्षकों को वार्ता के लिये नहीं बुलाया है इधर शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने हड़ताली शिक्षकों की बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताया है

हमलोगों का कोई उददेश्य नहीं था कि हम मूल्यांकन का बहिष्कार करें ये नैतिक दबाव देने का जो हमको संवैधानिक अधिकार है मौलिक अधिकार है हड़ताल करने का हमारे तमाम सदस्य तैयार हैं पटना उच्च न्यायालय ने आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है बेगूसराय जिले की निचली अदालत ने पिछले दिनों दोनों के खिलाफ दायर आरोप पत्र स्वीकार कर लिया था और इसमें सुनवाई की तारीख तय कर दी थी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी भारतीयों को सिंगापूर दक्षिण कोरिया ईरान और इटली की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है उन्होंने आज संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और उससे निपटने के तरीकों की निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि चिकित्सकों की टीम को रविवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है केन्द्र सरकार शीघ्र ही कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत करेगी हमारे संवाददाता से बातचीत में कोन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए इस योजना को स्कूली शिक्षा के साथ जोडने का निर्णय लिया है

उसका लाभ मिला है और आगे हम पीएमकेवाई थ्री पर प्लान कर रहे हैं उसमें स्कल एजुकेशन के साथ इसको तमाम इस्टीट्यशन से जोडेंगे और जो पुराने सेटअप में ट्रेनिंग कर रहे थे वह भी चलता रहेगा दोनों को जोड़कर स्किलिंग के फोल्ड में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने को कोशिश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले दिनों वज्रपात की घटना में मारे गये लोगों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों का इलाज मुफ्त किया जायेगा गौरतलब है कि राज्य में मंगलवार और बुधवार को बारिश और ओलावृष्टि हुई थी बारिश के दौरान बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर तेरह लोगों की मौत हो गई थी और छह अन्य घायल हो गये थे सरकार ने राज्य में ओलावृष्टि और आंधी के कारण फसल क्षति के आकलन का भी निर्देश दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया है कि राज्य में एनडीए मजबूत स्थिति में है और आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन भारी मतों से जीत हासिल करेगा खगड़िया के नगर भवन में आयोजित पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि विपक्ष एनडीए में टूट का सपना देख रहा है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लक्ष्य पर जुट जायें कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज कहा कि राज्य में उपजाये जाने वाले फलों और सब्जियों के निर्यात के लिये पटना में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक केन्द्र की स्थापना की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सहयोग से एक्सपोर्ट पैक हाऊस स्थापित किया जायेगा राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि राज्य में विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली यूआईएमएस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कार्य निष्पादन में पारदर्शिता आ रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी के विरोध में सीपीआई द्वारा आज पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया गया रैली में वामपंथी दलों के नेताओं के अलावा कई सामजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और बिहार भूमि न्यायाधिकरण के चेयरमैन जस्टिस विजेन्द्र नाथ का आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है

पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा और मिजोरम बिहार के जोड़ीदार राज्य है फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों की लोक संस्कृति खानपान पहनावा और अन्य विशेषताओं का प्रदर्शन किया गया है यह निःशुल्क फोटो प्रदर्शनी उनतीस फरवरी तक चलेगी इस अवसर पर क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो पटना के निदेशक विजय कुमार और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे डीआरआई टीम ने पटना जंक्शन के पास से चौरासी हजार रुपये के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके पास से दो हजार के कई नकली नोट बरामद किये गए हैं आरोपी पूर्वी चंपारण के जय सिंहपुर गांव का रहने वाला है अरवल जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इक्कीस हजार पांच सौ तैंतीस किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे गया जंक्शन पर आरपीएफ ने पुरूषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे से तेरह किलोग्राम गांजा के साथ अरवल निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

केन्द्र सरकर को भेजा जायेगा संकल्प